भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि उनकी पार्टी ने देश को स्थिर पारदर्शी और भरोसेमंद सरकार दी है

कल उदघाटन के बाद सायं पांच बजे इस राजमार्ग को आम लोगों के उपयोग के लिए खोल दिया जाएगा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उदघाटन समारोह उत्तर प्रदेश के बागपत जिला के खेकड़ा उपमंडल के जिला खेल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज कहा कि उनकी पार्टी ने देश को एक स्थिर पारदर्शी और भरासेमंद सरकार दी है एनडीए सरकार के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली मे एक संवाददाता सम्मेलन में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हृए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने वंशवाद जातिवाद और तृष्टिकरण की राजनीति को विकास की राजनीति में बदल दिया है अमितशाह ने कहा कि एनडीए सरकार ने कीमतों पर काबू पाने में सफलता हासिल की और अब देश की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उन्होंने कहा कि ये एक निर्णय लेने वाली सरकार है जिसने नोटबंदी और जीएसटी लागू करने जैसे अहम फैसले लिए उन्होंने कहा कि देश का कोई गांव ऐसा नहीं है जहा बिजली न पहुंची हो उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने किसानों और गरीबों की बेहतरी के लिए भरसक कार्य किया है केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधायक और संस्थागत बदलावों दवारा एक पारदर्शी व्यवस्था का सृजन किया है जिसे देश को घोटाला मुक्त शासन मिला

प्रधानमंत्री मंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने नव भारत के निर्माण के लिए सुखद भविष्य और जनहित के निर्णय लिए है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आगे भी इसी निष्ठा के साथ देश और जनता की सेवा करेंगी आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग आज रात एनडीए सरकार के चार सालों पर आधारित रेडियो ब्रिज नामक विशेष लाइव कार्यक्रम भी प्रसारित किया कार्यक्रम में विशेषज्ञों दवारा उपलब्धियों और विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की जायेगी ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और राजधानी चैनल पर रात साढ़े नौ बजे सुना जा सकता है

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा कार्यक्रम मन की बात प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन न्यूज के सभी यूटयूब चैनलों पर प्रसारित किया जायेगा

आकाशवाणी दवारा कार्यक्रम के तूरत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा श्रेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्न प्रसारण रात आठ बजे किया जायेगा हरियाणा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बनवारी लाल ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे पानी के नमूनों को लगातार जांचते रहे क्योंकि इन दिनों वैक्टर नित व पानी से होने वाली बीमारियों का भय बना रहता है इसके अलावा मंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को जन शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना चाहिए क्योकि ये एक महत्वपूर्ण विभाग है जो सीवरेज और और पानी जैसी सुविधाओं से जुड़ा हआ है उन्होंने आज रेवाड़ी में कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए कार्य करना होगा मंत्री ने कहा कि आने वाले बरसात के मौसम से पहले बाद नियंत्रंण कार्य और सीवरेज की सफाई को सुनिश्चित किया जाए ताकि बरसातों में जल भराव की स्थिति पैदा न हो

हरियाणा का बागवानी विभाग किसानो को अन्दान देकर फलों व फूलों की खेती को बढ़ावा दे रहा है प्रदेश के गांव में परिवारों के बढ़ने से जमीनों का रकबा कम हता जा रहा है ऐसे में नेट व पाली हाउस में खेती करके किसान न केवल अपनी आमदनी में इज़ाफ़ा कर रहा है बल्कि खुली खेती में आने वाली परेशानियों से भी मुक्ति पा रहा है किसान अब किसी एक मौसम तक सीमित होकर सारा वर्ष भी उत्पादन प्राप्त कर रहा है इस संदर्भ में पंचकूला के जिला बागवानी अधिकारी डॉ रिछपाल बिश्नोई ने बताया कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हरियाणा सरकार ने खेती को अत्याध्निक ढंग से करने का प्रावधान किया है उसी खेत में नेट व पाली हाउस में खेती करके किसान की आमदनी में फायदा हआ है

इसके साथ किसान सब्जियों की पैदावार सभी मौसम में भी कर पाते हैं

पंचकुला स्थित सीबीएससी कार्यालय दवारा पंचकुला क्षेत्र के अंतर्गत आते पांच राज्यों पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कशमीर और चंडीगढ़ का परिणाम घोषित किया गया है हर बार की तरह इस बार भी लडकियां आगे रही है सीबीएससी के क्षेत्रीय अधिकारी आर जे खांडेराव ने बताया कि इस वर्ष पहले के मुकाबले अंको में बढ़ोतरी हई है

हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री प्रो राम बिलास शर्मा ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षाओं जिन विदयार्थियों को कम्पार्टमेंट आई है उनके लिए स्कूलों में अतिरिक्त कक्षांए लगाई जायेंगी प्रो शर्मा शनिवार को रिवाड़ी जिले के गांव थामलावास में शहीद सुखवीर व राजबीर को श्रद्वाजंलिअर्पित करने के उपरान्त पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे